सदन में आज लोकायुक्त के मुद्दे पर शोर शराबा हुआ राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी

केंद्र सरकार की सॉयल हेल्थ कार्ड योजना से चंपावत के किसानों के चेहरे खिले मिट्टी की सेहत में सुधार से फसल हो रही है बेहतर अल्मोड़ा के रानीखेत में भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य युद्वाभ्यास जारी आज धिंघारीखाल चेक पोस्ट में सर्च एंड डिस्ट्रॉय का अभ्यास किया गया

देहरादून में रविवार रात से तेज बरसात शुरु हुई और सोमवार सुबह तक बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति हो गई आज पूरे दिन राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश होती रही चमोली में ऊंचाईवाले इलाकों बदरीनाथ हेमकुंड तुंगनाथ रूपकुंड बेगनी बुग्याल में आज बर्फबारी भी हुई

मौसम विभाग के मुताबिक अगले पांच दिनों तक राज्य में बारिश और बर्फबारी का मौसम बना रहेगा

मौसम खराब होने की वजह से हेलिकॉप्टर सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं

आज रानीखेत के धिंघारीखाल चेक पोस्ट में सर्च एण्ड डिस्ट्रॉय यानी तलाशकर खत्म करने का अभ्यास किया गया दोनों देशों के सैनिकों ने अभ्यास के रूप में जंगलों में छापा मारकर आतंकियों पर काबू पाने की प्रैक्टिस भी की

इस संयुक्त युद्धाभ्यास में दोनों देशों के सात सौ सैनिक हिस्सा ले रहे हैं भारत अमेरिकी सैनिकों के बीच युद्धाभ्यास के तहत भारतीय सेना अमरिकी सैनिकों को दुश्मन के खिलाफ जमीनी युद्ध कौशल की तकनीक सिखा रही है घर में छिपे आतंकियों को चुन चुन कर मार गिराने के प्रदर्शन से अमेरिकी सैनिक भी हैरत में हैं इस युद्धाभ्यास को लेकर ब्रिगडियर विजय काला ने कहा कि सैनिकों को इसका बहुत फायदा मिलता है दोनों देशों के सैनिक अपनी तकनीक और अनुभव साझा करते हैं